झाबुआ जिले में कोरोना संक्रमित तीन और मरीज पाये गये है

शिवपुरी जिले में अब दुकाने शाम को साढ़े सात बजे तक खोली जा सकेंगी मुरैना की पुरानी सब्जी मण्डी के दर्जनों विक्रेताओं ने आज कलेक्टर से मुलाकात कर सब्जी की दुकानें आरंभ किये जाने का अनुरोध किया

छतरपुर जिले के लिये आज राहत भरी खबर रही

वहीं नरसिंहपुर में एक वरिष्ठ वकील की आज कोरोना के कारण मृत्यु हो गई

स्वास्थ्य रक्षा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में जनता की स्वास्थ्य रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाए जाएगे श्री चौहान ने आज ट्वीट के जरिये कहा कि वित्तीय संकट के चलते दूसरे मदों में बजट की कुछ कमी की जा सकती है परंतु कोरोना से बचाव एवं उपचार में बजट की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी श्री चौहान ने आगे लिखा है कि हमें प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गतिमान भी करना है उन्होंने कहा कि प्रदेश में ऐसी रणनीति बनाई जाए जिसमें बिना लॉक डाउन किए कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में पत्रकारिता विभाग की प्रमुख डॉ सोनाली नरगुन्दे ने नई शिक्षा नीति को अच्छा कदम बताया उन्होंने प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा में किये गये बदलावों का स्वागत किया